बेंगलुरू स्थित राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के रजत जयंती समारोह का आज वीडियो कान्फ्रेंस के जरिये उदघाटन करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों के दौरान सरकार ने स्वास्थ्य और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में सुधारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य देखभाल योजना आयुष्मान भारत के तहत दो वर्ष से भी कम समय में एक करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया उन्होंने कहा कि ग्रामीणों और महिलाओं को इससे सबसे ज्यादा लाभ मिला है

प्रदेश के भीतर लोगों को आने जाने के लिए किसी तरह के पास की आवश्यकता नहीं है

जबकि इक्यावन जिले इसकी चपेट में हैं एकमात्र निवाड़ी जिला कोरोना संकमण से बचा हुआ है वहीं कुल मरीजों में से आघे से ज्यादा स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के लिघौरा में कल दो नये मरीजों का पता चला संकमित दोनो बहने हैं जो कि पिछले दिनों दिल्ली से लौटी थीं

नीमच जिले में कल प्राप्त अठासी रिपोर्ट में एक मरीज के संकमित होने का पता चला है उज्जैन में छह नये मरीजों के साथ मरीजों की संख्या छह सौ छियत्तर हो गई है

वहीं खरगौन में पन्द्रह नये मरीजों का पता चला है इनमें खरगौन शहर के नौ और सनावद के छह लोग शामिल हैं

ग्वालियर में नौ नये मरीजों का पता चला है

पन्ना में अब कोरोना संदिग्धों की जांच आसानी से हो सकेगी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाक्टर एल के तिवारी ने बताया है कि शहर में नमूनों की जांच के लिए मशीन लगाई गई है

गंगा दशहरा प्रदेश में भी गंगा दशहरा का पर्व पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है हालांकि कोरोना संकमण को देखते हुए लोग एहतियात बरतते हुए पर्व को मना रहे हैं श्योपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में सुबह लोगों ने घरो से ही दान पुण्य किया होशंगाबाद में भी सादगी के साथ गंगा दशहरा मनाया जा रहा है

कटनी और मुड़वारा स्टेशन भी ट्रेनों के स्टापेज के लिए तैयार किये गये हैं